सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकूर समेत इक्कीस आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है केन्द्रीय जांच एजेंसी ने मुजफ्फरपुर स्थित विशेष पोक्सो अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया आरोप पत्र में ब्रजेश ठाकुर के अलावा सेवा संकल्प और विकास समिति एनजीओ के अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा ब्रजेश की राजदार शाइस्ता परवीन उर्फ मधु तत्कालीन सीपीओ रवि कुमार रौशन रोजी रानी समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं चार्जशीट में बालिका गृह की लड़कियों के साथ यौन शोषण की बात कही गयी है साथ ही यह भी दावा किया गया है कि लड़कियों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था सीबीआई सूत्रों के अनुसार आरोप पत्र में फिलहाल पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चन्द्रशेखर वर्मा का नाम शामिल नहीं है सीबीआई मुख्यालय के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने बताया कि बालिका गृह की बच्चियों की हत्या उनके यौन शोषण और सेवा संकल्प तथा विकास समिति की फंडिंग की जांच जारी है इसकी जाचं पूरी होने के बाद अलग से चार्जशीट दाखिल की जायेगी उन्होंने बताया कि आरोपियों पर जेजे एक्ट उल्लंघन और साजिश को लेकर आरोप गठित किये गये हैं विभागीय आरोपियों के खिलाफ मामले की जानकारी होने के बावजूद लापरवाही बरतने और उसे नजरअंदाज करने का आरोप गठित किया गया है राज्य में शराब की तस्करी और अवैध निर्माण पर रोकथाम के लिए आर्थिक अपराध इकाई द्वारा चलाये गये तीन दिवसीय अभियान में सात सौ चौसठ लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि पांच सौ दस मुकदमें दर्ज किये गये सबसे ज्यादा गिरफ्तारी पटना जिले में हुई है छापेमारी के दौरान सत्रह हजार लीटर से अधिक विदेशी शराब जबकि लगभग चार हजार देशी और महुआ शराब जब्त की गयी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर आज महागठबंधन के घटक दलों के साथ नई दिल्ली में बैठक करेंगे बैठक में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हिन्द्रस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और लोकतांत्रिक जनता दल की ओर से शरद यादव शामिल होंगे वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा और पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी उपस्थित रहेंगे रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र क्शवाहा बैठक में भाग लेंगे या नहीं इसे लेकर संशय बना हुआ है रेलवे टेंडर घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव की आज नई दिल्ली में पटियाला कोर्ट में पेशी होगी जेल में बंद लालू प्रसाद की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगी जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव स्वयं अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे लोकसभा में किराये की कोख यानी सरोगेसी नियमन विधेयक दो हजार सोलह पारित हो गया है विधेयक में बिना संतान दम्पतियों को संतान सुख दिलाने के लिए किराये की कोख लेने को वैध बनाया गया है लेकिन व्यापार की नीयत से कोख को किराए पर देने की प्रक्रिया और इससे संबंधित अनैतिक कार्यों पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है विधेयक में राष्ट्रीय स्तर और राज्यों में सरोगेसी बोर्ड के गठन और इसके नियमन के लिए उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है विधेयक में केवल उन्हीं दम्पतियों को कोख किराए पर लेने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं ऐसे दम्पति का पांच वर्ष का शादीशुदा होना और भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओरांव ने कहा कि पचास प्रतिशत से अधिक और कम से कम बीस हजार जनजातीय आबादी वाले प्रत्येक विकास खंड में वर्ष दो हजार बाईस तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह प्रयास जनजातीय छात्रों के शैक्षणिक क्षमता और समग्र विकास को बढ़ावा देगा मौसम विभाग के पूर्वानूमान के अनूसार आज पटना सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों के तापमान में गिरावट की सम्भावना है साथ ही सुबह में आंशिक कोहरा छाया रहेगा धूप निकलने पर मौसम साफ हो जायेगा भागलपूर और पूर्णियां में आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे कल भी पटना सहित राज्य के कई क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गयी जबकि हवा में नमी की मात्रा बढ़ कर अटठानवे प्रतिशत तक पहंच गयी है सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया ठंड के मामले में गया द्रसरे स्थान पर रहा जहां का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया कोहरे के कारण रेल सड़क और हवाई परिचालन भी प्रभावित हुआ है मुजफ्फरपूर जिले के मिठनपूरा थाना क्षेत्र में देर रात बीएमपी छह में पदस्थापित पुलिस जवान प्रेमचंद ने अपने ही साथी जवान मनीष कुमार की गोली मारकर कर हत्या कर दी मृत सिपाही भागलपुर का रहने वाला था एसएसपी मनोज कुमार ने घटना की जानकारी देते हये बताया कि हत्या करने वाले सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है हत्या के कारणों की जांच की जा रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार में खाद्य पदार्थों के गूणवत्ता की जांच के लिए दस करोड़ रूपये की लागत से एक आध्रनिक प्रयोगशाला बनाई जायेगी उन्होंने कहा कि लैब के लिए स्थल चयन और निर्माण के अन्य पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की एक टीम जल्द ही बिहार आयेगी राज्य सरकार ने प्रदेश में कूपोषण की समस्या को दूर करने के लिए विटामिन ए और डी से यूक्त तेल और दूध बाजार में लाने का फैसला किया है इसके लिए सम्बंधित कम्पनियों को निर्देश जारी किया गया है इसके साथ ही नमक में आयोडीन के साथ साथ आयरन की मात्रा भी मिलाई जा रही है राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि पटना में आर ब्लॉग से दीघा तक छह लेन के हाई वे का निर्माण कार्य फरवरी दो हजार उन्नीस से शुरू हो जायेगा मार्च दो हजार इक्कीस तक निर्माण काम पूरा कर लिया जायेगा बिहार बोर्ड ने सिमूलतला आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए ली जाने वाली मूख्य परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है यह परीक्षा तीस दिसम्बर के बदले चार जनवरी दो हजार उन्नीस को होगी बिहार बोर्ड के गर्वनिंग बॉडी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि स्कूलों में जिस संकाय की मान्यता नहीं है उसमें छात्रों का दाखिला नहीं लिया जायेगा इक्कीस दिसम्बर से छब्बीस दिसम्बर के बीच चौबीस तारीख को छोड़कर बाकी पांच दिनों तक बैंक बंद रहेंगे अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ की हड़ताल के कारण बैंकों में कामकाज प्रभावित रहने की सम्भावना है पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के बांक गांव के पास अपराधियों ने एक निजी कंपनी के सेल्समैन से एक लाख सत्तर हजार रूपये लूट लिये प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान भागलपुर शेखपुरा अररिया रोहतास और पूर्वी चंपारण जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गयी बेगूसराय सुपौल पश्चिम चंपारण और बांका जिले से पुलिस ने अलग अलग आपराधिक मामलों में शामिल चौदह अपराधियों को गिरफ्तार किया है सुपौल जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दस वर्ष कारावास के साथ पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सूनायी और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने लिखा है बालिका गृह कांड में आरोप पत्र दाखिल दैनिक जागरण की सुर्खी है संचार उपग्रह जीसैट सातए का सफल प्रक्षेपण वायुसेना के लिए होगा मददगार दैनिक भागस्कर का शीर्षक है आईटीआई पास व पढ़ाई कर रहे छात्रों को मिलेगी बारहवीं की डिग्री देनी होगी हिन्दी अंग्रेजी की परीक्षा प्रभात खबर की सुर्खी है सीट शेयरिंग के लिए अब लोजपा ने भाजपा को दिया अल्टीमेटम इकतीस तक हो अंतिम फैसला नहीं तो एनडीए से मोहभंग आज की खबर है किराये की कोख नहीं ले सकेंगे सिंगल पैरेंट्स